थाने में छापेमारी के दौरान लाखों रूपये बरामद

बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया तैनात

मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानाध्यक्ष और दो अन्य पुलिस कर्मियों को शराब तस्करों के साथ सांठगांठ कर जब्त शराब की बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान मौके से लाखों रूपये भी बरामद की गयी है गिरफ्तार पुलिस कर्मियों से पूछताछ चल रही है यह भी खुलासा हुआ है कि थाने के पुलिसकर्मी होटलों और घरों में शराब पहुंचाने वाले तस्करों को संरक्षण देते थे इधर दरभंगा जिले के फेकला पुलिस चौकी के प्रभारी वासुदेव सिंह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है सिटी एसपी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दारोगा के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आशा कर्मियों का मानदेय एक हजार रूपये से बढ़ाकर दो हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से देश भर की दस लाख से अधिक आशा कर्मियों को फायदा होगा जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है एहतियात के तौर पर इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है जिलाधिकारी और पूलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर कैंप किये हुए हैं बताया जाता है कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गूटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया इस दौरान पथराव में बीस से अधिक लोग घायल हो गये कई दुकानों में उपद्रवियों ने आग लगा दी सदर अनुमंडल पदाधिकारी निवेदिता दास ने बताया कि स्थिति अभी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है मुजफ्फरपुर में देश के उनचास बुद्धिजीवियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दायर किया जायेगा अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता सबूत उपलब्ध कराने में भी नाकाम रहा यहां तक कि वह वो पत्र भी नहीं दिखा सका जिसके आधार पर उसने केस किया था गौरतलब है कि सुधीर कुमार ओझा ने अपर्णा सेन अद्र गोपाल कृष्णन और रामचंद्र गुहा समेत उनचास बुद्धिजीवियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवायी थी इन लोगों ने देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था जिसके बाद कथित देशद्रोह का यह मामला दर्ज किया गया था जांच के बाद मामले को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे बंद कर दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हुए जल जमाव के कारणों की समीक्षा के लिये चौदह अक्टूबर को बैठक बुलायी है

उन्होंने बताया कि इस स्थिति के लिये दोषी अधिकारियों की पहचान की जायेगी और उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी श्री कुमार ने कहा कि बैठक में इस बात की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिये क्या कुछ किया जा सकता है कृषि मंत्री प्रेम कूमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में रहकर फॉल आर्मी वर्म के खतरों से निपटने के लिये किसानों को जागरूक करें आज पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि ये कीट मक्का ज्वार धान और गन्ने समेत कई फसलों को प्रभावित कर रहा है उन्होंने अधिकारियों से तीन दिन क्षेत्र में रहकर किसानों को इस कीट से निपटने के उपाय बताने को कहा ब्रिटेन की संस्था ए पॉलिटिकल ने केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को डिजिटल गवर्नेस के मामले में दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है इस सूची में शामिल होने वाले श्री प्रसाद एकमात्र भारतीय हैं प्रदेश की नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार जारी है आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब पटना भागलपुर खगड़िया बेगूसराय कटिहार और पूर्णिया जिले ही बाढ़ से प्रभावित हैं इन जिलों के एक हजार चौबीस गांवों की लगभग साढ़े अठारह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों में पंद्रह राहत शिविर और तीन सौ पैंतीस सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है साथ ही राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की चौदह टीमें तैनात हैं मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बरियारपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोग अपने अपने घरों में लौटने लगे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांवों में कैंप कर रही है अब तक तीन हजार से अधिक बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उलपब्ध करायी गयी है प्रनप्रन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालप्र में खतरे के निशान से नीचे आ गया है इस बार नदी का जलस्तर लाल निशान से तीन मीटर छियासठ सेंटीमीटर तक ऊपर चला गया था जो वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर के बाद सर्वाधिक था केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है इधर गंगा नदी का जलस्तर अब सिर्फ पटना के हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर है बूढ़ी गंडक खगड़िया में और कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला तथा खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से अभी भी ऊपर बनी हुई है पटना के कई क्षेत्रों में चौदहवें दिन भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है मुख्य रूप से दानापुर गोला रोड और राजेन्द्र नगर के कुछ हिस्सों में जल जमाव है इन क्षेत्रों से लगातार जल निकासी का भी काम जारी है पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू के कई नये मामले सामने आये हैं अब तक सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम डेढ़ हजार मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है वहीं चिकुनगुनिया के एक सौ से अधिक मरीज मिले हैं इधर पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच में आज से निःशुल्क डेंगू जांच शिविर का आयोजन किया गया है

पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों में भी शिविर लगाकर डेंगू चिकुनगुनिया समेत अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है और लोगों के बीच दवाओं का वितरण किया जा रहा है कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा भी डेंगू जांच शिविर लगाये गये हैं भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज पीएमसीएच में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जल जमाव प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिये डेंगू और मलेरिया के मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले तीन वर्षो के दौरान जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सात करोड़ सत्तर लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है पटना में पर्यावरण और वन विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस साल वन महोत्सव के दौरान डेढ़ करोड़ पौधे लगाये गये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य में एनडीए के घटक दलों के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद को सिरे से खारिज किया है आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है उन्होंने दावा किया कि पांच विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा बक्सर जिले के तिरानवे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की अनुशंसा की है इन सभी के खिलाफ फर्नीचर और प्रयोगशाला उपकरण खरीद मामले में अनियमितता बरतने का आरोप है प्रदेश में आज अलग अलग घटनाओं में ड्रबकर पांच बच्चों की मौत हो गयी सीवान जिले के नबीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारपुर में एक गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित कोनन गांव में तालाब में नहाने के दौरान एक बच्चे के मौत की खबर है दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के भादौंसी गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गयी

थाने में छापेमारी के दौरान लाखों रूपये बरामद

बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया तैनात